केंद्रीय मंत्रीमंडल ने तीन तलाक को दण्डनीय अपराध बनाने के अध्यादेश को मंजूरी दी आगामी विधानसभा चुनाव में दिव्यांगों के लिये सुगम मतदान को लेकर भोपाल में कल होगी कार्यशाला बच्चों की पढ़ाई में रोचकता लाने के लिये आठ अक्टूबर को राज्य स्तरीय कहानी उत्सव का आयोजन

इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा इंदौर से जबलपुर के बीच यात्रा समय में कमी और इंदौर से मुम्बई तथा दक्षिण की ओर यात्रा समय में कमी लाना है

प्रस्तावित लाईन बुधनी के वर्तमान यार्ड से शुरू होगी और इंदौर के पास पश्चिमी रेलवे के वर्तमान स्टेशन मांगलियागांव से जुड़ेगी इस मार्ग पर दस नए क्रॉसिंग स्टेशन और सात नए हाल्ट स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है नई लाईन से सिहोर देवास तथा इंदौर जिलों को लाभ होगा और बुधनी से इंदौर के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा नसरुल्लागंज खातेगांव तथा कन्नौद जैसे विभिन्न शहरो और गांवों से रेल संपर्क स्थापित होगा जहां अभी रेल संपर्क नहीं है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री पियूष गोयल का आभार व्यक्त किया है तीन तलाक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन तलाक को दण्डनीय अपराध बनाने के अध्यादेश को आज मंजूरी दे दी तीन तलाक के जरिए वैवाहिक संबंध विच्छेद करने वाले व्यक्ति को तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पीड़ित महिला या उसके सगे संबंधियों द्वारा उसके पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर ही यह अपराध माना जाएगा उन्होंने कहा कि पति पत्नी के बीच समझौता हो जाने की स्थिति में यह मामला वापस लिया जा सकेगा लेकिन इसके लिए पत्नी को मजिस्ट्रेट से अनुरोध करना होगा

प्रदेश में भी इस योजना के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं खंडवा जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एक लाख उन्तीस हजार परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है

श्री विजयवर्गीय ने आज दोपहर नीमच और जावद में कार्यकर्ताओं के महा सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए यह बात कही प्रदर्शन इंदौर में आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन अधिनियम के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के निवास के बाहर प्रदर्शन किया ये सभी लोग सवर्ण समाज के बैनर तले श्रीमती महाजन के स्थानीय मनीषपुरी स्थित निज निवास पहुंचे थे श्रीमती महाजन की अनुपस्थिति में प्रदर्शनकारियों ने उनके एक प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा वहीं ग्वालियर और भिण्ड में भी इस तरह के प्रदर्शन किये गये

इससे शीघ्र ही व्यावसायिक विद्युत उत्पादन प्रारंभ होगा और इससे रबी सीजन में बिजली आपूर्ति में मदद मिलेगी

इस कार्यशाला में जिलों के समन्वयक पुलिस अधिकारी सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया में लगे हुये विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारीयों को प्रशिक्षण दिया जायेगा इस बार दिव्यांगजनों को मतदान के दौरान होने वाली असुविधाओं को खत्म करने के लिये विशेष ध्यान दिया जा रहा है

कहानी उत्सव प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई में रोचकता लाने के मकसद से दो श्रेणियों में कहानी उत्सव आयोजित किया जा रहा है

मैराथन का उदेश्य जन समुदाय की सहभागिता से बेटी बचाओ बेटी पढाओ एवं राष्ट्रीय पोषण अभियान को लेकर जागरुकता लाना है

इसी कड़ी में आज ईवीएम और वीवीपेट के सम्बंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया

जिला प्रशासन ने स्टाप डेम में पानी रोकने का कार्य शुरू कर दिया है